इनमें कुछ जिलों में कई तरह छट दी जाएंगी गृह मंत्रालय के प्रक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कृछ दिनों में जारी किया जाएगा मंत्रालय ने पूर्णवंदी की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हआ है प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का तीन मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए देश में अब तक कोविड नाइन्टीन से तैंतीस हजार पचास लोग संक्रमित हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इनमें से आठ हजार तीन सौ चौबीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है इस वायरस से एक हजार चौहत्तर लोगों की मौत हो गई है वर्तमान में तेईस हजार छ सौ इक्यावन लोगों का इलाज चल रहा है उधर प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में आशा की किरण देखी जा रही है राज्य में पहली बार एक दिन में अस्पताल से छट्टी पाए मरीजों की संख्या एक दिन में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से अधिक है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल राज्य में बहत्तर लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला जबकि इसी अवधि में सतहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छट्टी दे दी गई प्रदेश में कल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक हजार छः सौ बारह से घटकर एक हजार छः सौ दो रह गईं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित धवन प्रताप ने बताया कि अभी प्रदेश में सात जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है उन्होंने प्रवासी मजदूरों से आग्रह किया कि वे धैर्य रखे और पैदल यात्रा का जोखिम न उठाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में है और प्रदेश के सभी कामगारों को वापस लाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है श्री योगी ने प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध किया कि वे जिस राज्य में हैं वहां की सरकार के संपर्क में रहें मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में लॉकडाउन की समीक्षा करते हए अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच सनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि श्रमिकों को पथकवास केंद्रों से घर भेजते समय राशन सामग्री उपलब्ध करायी जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नोएडा और दिल्ली से प्रदेश के छात्र छात्राओं को भी वापस लाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने गाजियाबाद अलीगढ़ और नोएडा में अध्ययनरत दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की सुची तैयार कर उन्हें उनके गृह राज्य भेजने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड नाइन्टीन महामारी और देशव्यापी पूर्णबंदी को देखते हए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेण्डर के दिशा निर्देश जारी किए हैं शैक्षिक वर्ष दो हजार बीस इक्कीस पुराने छात्रों के लिए एक अगस्त से और नए छात्रों के लिए एक सितम्बर से आरम्भ हो सकता है बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजुदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूत्यांकन किया जाएगा जिन राज्यों में कोविड नाइन्टीन की स्थिति सामान्य हई है वहां जुलाई में परीक्षाएं होंगी टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुवह मुंबई में निधन हो गया सड़सठ वर्षीय ऋषि कपूर को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था ऋषि कपूर लगभग एक साल तक अमरीका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है वाराणसी में कोरोना संक्रमण के आठ नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या साठ हो गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया उनमें सिगरा थाने के दो पुलिसकर्मी और सीएचसी शिवपुर का एक वार्ड ब्वॉय भी है जिन पांच अन्य नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हई है वे जैतप्रा पड़ाव सुजाबाद लंका गोसाईपुर मोहांव और चंद्आ छितुपुर घंटी मिल के रहने वाले हैं उधर गोरखप्र में कल कोरोना संक्रमण के दूसरे मामले की पुष्टि हुई बांसगांव की एक पैंतीस वर्षीय महिला को कोविड नाइन्टीन से संक्रमित पाया गया वह दिल्ली से पिता के साथ वापस लौटी है प्रशासन ने उसके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया है गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद वर्षा के समाचार हैं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंघी और बारिश की संभावना व्यक्त की है किसानों को सलाह दी गयी है कि वे गेहं की बची फसल की कटाई और शेष कार्य शीघ्र निपटा लें